इसमें जन सामान्य की भागीदारी के साथ ही वन विभाग नगर निकाय और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा यह जानकारी केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित नगर वन कार्यक्रम दी उन्होंने कहा कि नगर वन से शहरों को श्द्ध वाय् मिलेगी श्री जावडेकर ने पर्यावरण मंत्रालय दवारा आयोजित वर्च्अल समारोह को संबोधित करते हए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के आठ प्रतिशत हिस्से को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समृद्ध संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है ई विधानसभा गैरसैंण म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ई कैबिनेट की श्रूआत की है

विश्व पर्यावरण दिवस पर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री कहा कि हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाय उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है पर्यावरण प्रद्रषण से मूक्ति और जैव विविधता को बनाये रखने के लिए जनभागीदारी से प्रयास करने होंगे उन्होंने कहा कि मिशन रिस्पना ट्र ऋषिपर्णा और कोसी के पुनर्जीवन अभियान के तहत मिशन मोड में कार्य किया जायेगा इस अवसर परवन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में जैव विविधता को बनाये रखने में उतराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संत्लन के लिए लोगों में सजगता होना बहत जरूरी है छोटे छोटे प्रयासों से भी इस दिशा में योगदान दिया जा सकता है इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट की ब्क का विमोचन भी किया राज्यपाल वेबिनार राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हमें ग्रीन लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देना होगा राजभवन में सतत पर्यावरण विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हए राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन ने दिखा दिया कि मन्ष्य अपने पर्यावरण का कितना न्कसान कर रहा था अब सभी को संयमित और संतुलित जीवन शैली अपना कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि सतत पर्यावरण को सतत आजीविका और सतत रोजगार का पर्याय बनाना होगा राज्यपाल ने पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण के अन्कूल रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जैविक खेती को और अधिक बढ़ावा देना होगा जिससे स्थानीय फल फूल सब्जियों जड़ी ब्रटियों के माध्यम से लोगों की आर्थिकी में स्धार हो सके विश्व पर्यावरण दिवस आज विश्व पर्यावरण दिवस है इसका उद्देश्य प्रक्रति के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरणीय मुददों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है इस अवसर पर प्रदेशभर में पौधरोपण किया गया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन परिसर में वृक्षारोपण किया उन्होंने शहतूत अंजीर बेल जाम्न कपूर के पौधे लगाये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास पर पौधरोपण किया विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने इस अवसर पर पर्यावरण को संरक्षित रखने और प्रदेश को हरा भरा बनाये रखने की अपील की है उन्होंने विधानसभा भवन और अपने आवास पर पौधारोपण किया पौधरोपण प्रदेश विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशभर में पौधरोपण किया गया भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वक्षारोपण किया गया इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण जरूरी है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने चिपको आंदोलन चलाकर प्रे विश्व को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई दृष्टि दी है उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक संस्था दवारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण को शृदध और संरक्षित रखने से मनृष्य और अन्य प्राणियों का अस्तित्व भी सूरक्षित रहेगा वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में पौधरोपण मुहिम चलाकर पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखा गया और संस्थान के कुछ सदस्यों दवारा ही समुचे परिसर में पौधरोपण किया गया

उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें आज एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है एम्स निदेशक पदमश्री प्रोफेसर रवि कांत ने बताया कि संस्थान फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर की स्रक्षा के साथ साथ मरीजों की सेवा को लेकर पूरी तरह से वचनबदध है संस्थान के कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज हई प्रशिक्ष्म महिला चिकित्सक ने कहा कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करने की जरूरत है

इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है जबकि ग्रामीणों पर नजर रखने के लिये मेडिकल विभाग की टीम तैनात कर दी गयी है

वो क्छ दिन पहले दिल्ली से इलाज कराने के बाद गांव लौटे थे गांव लौटने के बाद उनको होम क्वारंटीन में रखा गया था इस दौरान उनकी अचानक तबियत बिगड़ गयी और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था स्याल्दे के उप जिलाधिकारी राहल साह ने बताया कि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ब्ज्र्ग की मौत का कारण क्या है

उन्होंने आपदा की परिस्थितियों में रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम करते हए राहत कार्यो को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिये कल मानसून के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि यूवा और महिला मंगल दलों को प्रशिक्षण देकर राहत कार्य के लिए तैयार किया जाए उन्होंने बरसात के दौरान संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की संभावना का आंकलन करते हुए गांव और शहरों की सफाई सहित जल भराव रोकने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये

इस बात को साकार किया है बागेश्वर जिले के वृक्ष प्रुष किशन सिंह मलड़ा ने

उन्होंने पर्यावरण दिवस पर लोगों को कोरोना महामारी से सीख लेने और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश हो रही है देहरादून नैनीताल पिथौरागढ़ चमोली समेत क्माऊं और गढ़वाल मंडल के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश ह्ई इससे गर्मी से राहत मिली है और मौसम स्हावना हो गया है